इंजिनियरिंग संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स कोविड महामारी के कारण स्थगित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

इस समय मुख्यमंत्री निवास से प्रदेश की कोविड की वर्तमान स्थिति और वैक्सीनेशन को लेकर फिर से समीक्षा बैठक की जा रही है इस ओपन बैठक में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी और जिला स्तर के अधिकारी भाग ले रहे हैं बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर सरकार लॉकडाउन और टीकाकरण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकती हैं इस बीच प्रदेश में वीकेण्ड कर्फ्यू की सख्ती से पालना की जा रही है जैसलमेर पाली सवाईमाधोपुर भरतपुर और चूरू सहित अन्य सभी जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोडकर बाजार पूरी तरह बंद रहे और पुलिस की गश्त जारी रही

भरतपुर में बढ़ते कोरोना संकमण को देखते हुये प्रशासन ने क्वारेन्टीन सेन्टर बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है झंझन् में आज आठ नये स्थानों को कंटेनमेंट जोन बनाकर निषेधाज्ञा लागू की गई

चिकित्सा मंत्री ने कोविड टीकाकरण में सराहनीय कार्य करने पर चिकित्साकर्मियों को बधाई दी है

वे या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या घर पर आइसोलेशन में हैं

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है

कोविड संक्रमण की स्थिति में रोगी के इलाज के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता महत्वपूर्ण है रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाडियों के तेजी से आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं रेल विभाग तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के मालवहन के लिए पूरी तरह से तैयार है

उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को इस योजना से अलग रखा गया है उनके लिए राज्य सरकार जल्द ही केन्द्र सरकार की तर्ज पर कैश लैश बीमा का लाभ देने के लिये राजस्थान गोर्वमेंट हैल्थ स्कीम आरजीएचएस लागू करेगी

इसमें जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र र्मे केन्द्र सरकार की ओर से उपलब्ध राशि के अतिरिक्त शेष राशि राज्य निधि से उपलब्ध करवाई जायेगी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है

देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा इस वर्ष चार सत्रों में आयोजित की जानी थी फरवरी और मार्च में इस परीक्षा के दो सत्र पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं

अपने ट्वीट संदेश में श्री राठौड़ ने बताया कि टोंक निवासी देवन्दा जम्मु कश्मीर के उधमपुर में तैनात थे जिन्होंने डयूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट संदेश में कहा है कि सरकार प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि राजस्थान के किले यहां की परम्पराएं और धार्मिक स्थल देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है